एमटीबी हिमालय बाइकिंग रैली शुरू राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिमला से दिखाई हरी झंडी

जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार समान और संतुलित विकास पर ज़ोर दे रही है खासकर उन क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है जिनकी अब तक किसी न किसी कारण अनदेखी होती रही है मुख्यमंत्री आज चंबा ज़िला के भटियात में आयोजित एक जनसभा को शिमला से वीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री को आज भटियात विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर जाना था लेकिन खराब मौसम के कारण उनका हैलीकॉप्टर शिमला से नहीं उड़ पाया

उन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को भारी जनसमर्थन के लिए भटियात की जनता का आभार भी जताया स्थानीय विधायक विक्रम सिंह जरियाल ने भटियात में विभिन्न विकास कार्यों की शुरूआत के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया और कहा कि इनके पूरा होने पर क्षेत्र की जनता को व्यापक लाभ होगा विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज और नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया भी इस मौके पर मौजूद थे मुख्य सचिव मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी ने कैम्पा के तहत प्राप्त धनराशि को जल और वन संरक्षण जैसे कार्यो पर खर्च करने पर जोर दिया है बाल्दी आज शिमला में राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण के साथ कैम्पा निधि के हस्तांतरण तथा इसके तहत की जाने वाली गतिविधियों पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे

उन्होंने कहा कि इस राशि को वन और पर्यावरण संरक्षण के लिए मलबे के निष्पादन पौधरोपण और छोटे जलाशयों व तालाब इत्यादि पर खर्च करना चाहिए मुख्य सचिव ने बाद में कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लांट की बैठक की भी अध्यक्षता की इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य में कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लांट का प्रतिशत निर्धारित करने के लिए बेसिन वाइज दृष्टिकोण अपनाना चाहिए उन्होंने गाद को कम करने पर भी ज़ोर दिया मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने लोगों में संतुलित आहार के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया है ताकि स्वस्थ व समृद्ध समाज का निर्माण किया जा सके मारकंडा आज केलंग में पोषण अभियान के तह आयोजित साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाने के मौके पर लोगों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने महिला व बाल विकास विभाग को निर्देश दिए कि वे लाहौल स्पिति में अनीमिया की समस्या को दूर करने के लिए गांव स्तर पर जागरूकता अभियान चलाएं उन्होंने लाहौल स्पिति में किशोरियों में अनीमिया की समस्या को दूर करने के लिए संतुलित आहार पर भी जोर दिया मारकंडा ने बाद में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम की भी अध्यक्षता की और कहा कि इस बारे लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है ताकि दुर्घटनाओं का ग्राफ कम किया जा सके

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा

इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा दुर्घटना सोलन नेरीपुल सड़क पर आज सेब से लदे एक ट्रक के गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त होने से दो लोगों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया मृतकों की पहचान ऊना के सलोह निवासी ट्रक चालक रोहित और चिड़गांव के खासधार निवासी प्यारे लाल के रूप में हुई है घायल अजय कुमार का राजगढ़ अस्पताल में उपचार किया जा रहा है राज्यपाल एशिया की सबसे पुरानी मांउटेन बाइकिंग रैलियों में से एक हीरो एमटीबी हिमालय बाइकिंग रैली आज शिमला से आरंभ हो गई आठ दिनों तक चलने वाली इस साइकिल रैली को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

राज्यपाल ने इस मौके पर साइकिल सवारों से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने का आग्रह किया

डीसी किन्नौर किन्नौर के उपायुक्त गोपाल चंद ने ज़िले में निर्माणाधीन सभी लघु पन विद्युत परियोजनाओं के प्रबंधन को निर्देश दिए हैं कि वे लाडा के तहत अपने हिस्से को तुरंत जमा करवाएं उन्होंने कहा कि इस राशि के जमा होने से प्रभावित पंचायतों में लाडा के तहत स्वीकृत विकास कार्यों में तेज़ी लाई जा सकेगी उपायुक्त आज स्थानीय क्षेत्र विकास समिति की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने संबंधित परियोजना प्रबंधकों से कहा कि इन निर्देशों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी शुल्क सरकारी नौकरियों में आवेदन के लिए लड़कियों से फीस न वसूलने की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की घोषणा के बावजूद अभी भी प्रदेश में लड़कियों से शुल्क वसूलना जारी है

इन दिनों प्रदेश में पटवारी के पदों के लिए आवेदन भरे जा रहे हैं और इन पदों के लिए बड़ी संख्या में लड़कियां भी आवेदन कर रही हैं सोलन में हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए युवतियों का कहना था कि जब मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की है तो फिर उन्हें इसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा

कांग्रेस पार्षद की आज पार्टी कार्यालय राजीव भवन में हुई बैठक में कहा गया कि भाजपा से जुड़े पार्षदों के क्षेत्रों की समस्याओं को तो प्रमुखता से हल किया जा रहा है लेकिन कांग्रेस पार्षदों के वार्डो की अनदेखी की जा रही है कांग्रेस महासचिव हरिकृष्ण हिमराल ने बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्षदों ने निगम के इस रवैये का डटकर विरोध करने का निर्णय लिया बैठक में विधायक इंद्रदत्त लखनपाल और शिमला शहरी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरूण शर्मा भी मौजूद रहे संगोष्ठी सोलन पत्रकार संघ द्वारा आज सोलन में पत्रकारिता और कानून विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया इस मौके पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी व सोलन ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव गुरमीत कौर ने कहा कि पत्रकारों को रिपोर्टिंग करते समय जनहित को प्राथमिकता देनी चाहिए उन्होंने नाबालिगों से जुड़े अपराधों में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी जानकारी दी मौसम प्रदेशवासियों को आने वाले कुछ दिनों के दौरान खराब मौसम का सामना करना पड़ सकता है

इस चेतावनी को देखते हुए मंडी ज़िला प्रशासन ने लोगों को नदी नालों और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है जिलाधीश ऋग्वेद ठाकुर ने लोगों से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में न जाने और सुरक्षित स्थानों पर ही रहने की सलाह दी है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके